आज नई दिल्ली में एक समारोह में अस्थि कलश पार्टी प्रदेश अध्यक्षों को सौंपे गए कल इन्हें देशभर की नदियों में विसर्जित किया जाएगा श्री वाजपेयी के अस्थि कलश जयपुर लाए गए कलश यात्रा के साथ मुख्यमंत्री बसुंधरा राजे और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन लाल सैनी सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे अस्थियों को भाजपा प्रदेश कार्यालय में रखा गया जहां लोगों ने उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की कल अस्थियों का विसर्जन प्रदेश के बांसवाडा स्थित बेणेश्वर धाम कोटा की चम्बल नदी और अजमेर के पुष्कर सरोवर में किया जायेगा

श्री कामत राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय थे कांग्रेस ने राजस्थान के अलावा कई राज्यों का प्रभार सोंपा था उनके निधन पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गहरा शोक जताया है

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने अपने शोक संदेश में कहा कि श्री कामत के सक्षम मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में कांग्रेस संगठन को मजबूती मिली पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि कामत के असामयिक निधन से अप्रणीय क्षति हुई है

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है उन्होंने प्रदेश के नव मतदाताओं से ज्यादा से ज्यादा संख्या में नाम जुड़वाने की अपील भी की

लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माय जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं राज्य के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है झालावाड बूंदी और कोटा में पिछले चौबीस घंटे में हुई अच्छी वर्षा से नदी नाले उफान पर हैं वहीं कई बांधों पर भी चादर चलने लगी है

बैराज से पानी छोडने से पहले चम्बल से सटे गांवों में अलर्ट जारी किया गया करौली जिले में भी चंबल के किनारे बसे गांवों में प्रशासन सतर्क हो गया है और पटवारियों को मुख्यालय नहीं छोडने के निर्देश दिए गए हैं प्रतापगढ में भी भारी बारिश के बाद ग्रामीणों को सतर्क किया गया है भंवर सैमला बांध के चार गेट खोल कर पानी की निकासी की जा रही है

भदेसर डूंगला भैंसरोडगढ निम्बाहेडा और बडी सादडी में अच्छी वर्षा दर्ज की गई भीलवाड़ा और राजधानी जयप्र में भी आज सुबह तेज पानी बरसा इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है

इस अवसर पर आज ईदगाहों में सामुहिक नमाज अदा की गई और मुस्लिम धर्मावलम्बियों ने अमन चैन की दुआ मांगी

तड़के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में जन्नती दरवाजा खोला गया

ये दरवाजा दोपहर बाद वापस बंद कर दिया गया डूंगरपुर में आज शहर के विभिन्न मार्गों पर जुलूस निकाला गया जिसमें सीमलवाड़ा सागवाड़ा और आसपुर कस्बों से लोग शामिल हुए जालौर जिले में भी ईद उल जुहा का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया हमारे जालौर संवाददाता ने बताया कि राह गांव में ईदगाह में नमाज के बाद केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता राशि इकट्ठी की गई

यह योजना उदयपुर और डूंगरपुर क्षेत्र के यात्रियों को जाति प्रमाण पत्र दिखाने पर दी जा रही है

बूंदी जिले के मंराडी लक्ष्मीपुरा के पास डोरा की खाल में डूबने से दो लोगों की मौत हो गई

चित्तौड़गढ जिले का निम्बाहेड़ा कस्बा सोशल मीडिया पर वाइरल हुई कुछ टिप्पणियों के बाद बिना किसी संगठन के आहवान पर आज पूरी तरह बंद रहा च्रू में पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने आज जन सुनवाई की